इस पर विपक्ष ने यह कहकर आपति जताई कि जनमंच कार्यक्रमों में सरकारी पैसे का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है

इस तरह सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है और सरकार इसका आडिट करवाए इस पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जनमंच कार्यक्रमों पर अनावश्यक तौर पर सवाल खड़े कर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व आम जनता की समस्या का निराकरण करना है और जनमंच कार्यक्रमों में घरद्वार पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है

ऐसे में सरकार द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से जनमंच में शामिल होने वाले अधिकारियों व आम जनता को भोजन देने की व्यवस्था रहती है और विपक्ष को इस पर आपति नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन कार्यक्रमों में धन का कतई दुरूपयोग नहीं हो रहा है और बाकायदा इसके आडिट करवाने की भी व्यवस्था है भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मानवता के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे उन्होंने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के लिए अभियान शुरू कर रही है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि हर बूथ पर भाजपा के कम से कम दो कार्यकर्ताओं ने ये सर्म्पण राशि अर्पित की उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश पार्टी और सिद्धांतों की राजनीति से कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का कार्य किया है मनीषा नंदा अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने राज्य के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आज शिमला में सैटेलाइट फोन सौंपे उन्होंने कहा कि आपदा के समय ये सैटेलाईट फोन खासतौर जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में उपयोगी साबित होंगे मनीषा नंदा ने बताया कि अगले चरण में उपमंडल स्तर पर भी सैटेलाईट फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की पहल पर ही ये सैटेलाईट फोन दिए गए हैं पुलिस बैठक सोलन पुलिस नशे के खिलाफ अभियान तेज करेगी इसी उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा की अध्यक्षता में आज सोलन में एक बैठक का आयोजन किया गया इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और बाहरी राज्यों से आने वाले नशा तस्कारों पर पूरी तरह नकेल कसने के बारे संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई पुलिस अधीक्षक ने स्कूल या कॉलेज के समय नशा करते पकड़े गए बच्चों के बारे में पुलिस को सूचना देने का लोगों से आग्रह किया है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा और पिछले दिनों हुए हिमपात से अवरूद्व सड़क मार्गो और बिजली आपूर्ति को बहाल करने का कार्य जारी रहा लाहौल स्पीति जिले के अंदरूनी भागों में सभी सड़कें बंद पड़ी है और हैलीपैड तक पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है घाटी के लोगों का कहना है कि कड़ी मश्कत के बाद मरीजों को स्टेचर पर उठाकर अस्पताल पहंचाना पड़ रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरओ और प्रशासन अवरूद्ध सड़कों को खोलने के प्रति गंभीर नहीं है किन्नौर जिले में भी सड़क मार्ग अवरूद्व होने से लोग परेशान है

कल्पा के एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा के मुताबिक छितकुल में गंभीर रूप से बीमार एक आईटीबीपी जवान और एक स्थानीय व्यक्ति को हैलीटैक्सी के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया है